थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार और सक्षम प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए भूकंप का केन्द्र सीकर बताया गया

चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र को भी अब आचार संहिता का हिस्सा बना दिया है गौरतलब है कि अब तक घोषणा पत्र की समय सीमा को लेकर कोई नियम नहीं था अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का प्रबंधन संभालने वाली दरगाह कमेटी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है

प्रदेश में कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिए जनसभाएं आयोजित कर रही है कल इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेष में तीन जनसभाएं की जमवारामगढ में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेषा सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा है उधर दौसा जिले के भांडारेज में आयोजित हुए सभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी सरकारों ने हमेषा दौसा के साथ सौतेला व्यवहार किया है उन्होंने कहा कि दौसा जिले में हमेषा कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा है और वहां से ज्यादातर कांग्रेस के सांसद रहे हैं श्री पायलट ने कहा कि उनकी सरकार ने ढाई महीने में ही जनता से किए वादे पूरा करना शुरू कर दिया है

कल जयपुर में संवादाताओं से बातचीत में श्री बेनीवाल ने कहा कि नागौर जोधपुर समेत अन्य सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याषी चुनाव लडेंगे वहीं अन्य सीटों पर उनके समान विचारधारा वाली पार्टी का समर्थन करेंगे श्री बेनीवाल ने कहा कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी युवाओं को रोजगार उनके मुख्य मुददे होंगे

भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राजस्थान के प्रभारी श्री जावडेकर कल जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब दिया है लेकिन कांग्रेस सेना पर बेवजह प्रश्न चिह्न लगा रही है थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार और सक्षम है सीमापार आतंकी संगठनों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत कठोर सैन्य कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेगा

उन्होंने कहा कि सेनाएं सीमा पर माहौल देखकर अपना लक्ष्य तय करती हैं अगर माहौल बिगड़ता है तो सेना सतर्क हो जाती है

प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए

भूकंप के झटके अलवर दौसा भरतपुर भिवाड़ी डीग सहित कई जगह पर महसूस किए गए मौसम विमाग के अनुसार इस भूकंप का केन्द्र सीकर था मौसम विमाग ने एक ट्वीट कर बताया कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता चार मापी गई झालावाड जिले के प्रगतिशील किसान हक्मचंद पाटीदार को पदमश्री से सम्मानित किया गया है उन्हें यह सम्मान जैविक खेती में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिये दिया गया है कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें यह अलंकरण प्रदान किया

श्री पाटीदार ने बताया कि वे जैविक खेती से बड़ी पैदावार ले रहे हैं और विदेशों में भी अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि इस समय विश्वस्तरीय उत्तम ग्रणवत्ता वाली सस्ती दवाएं उपलब्ध कराया जाना सबसे बड़ी आवश्यकता है श्री नायड़ ने कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रतिनिधियों से उच्च गुणवत्तायुक्त सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि दवाओं के निर्माण में विश्वस्तरीय मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए और दवाओं की उपलब्यता के साथ कोई समझौता किए बगैर नयी दवाओं की खोज पर भी ध्यान दिया जाए राज्य के विशेष कार्रवाई बल एसओजी ने अवैध हथियारों के जखीरे सहित पांच लोगों को गिरफ़तार किया है इन लोगों से पिस्तौल देसी कट्टे व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं एसओजी के प्रवक्ता के अनुसार विशेष टीम ने भरतपुर के ऊंचा नंगला पुलिस चेकपोस्ट के पास अवैध हथियारों के जखीरे के साथ इन लोगों को गिरफ़तार किया